डीजीपी ठग कार्रवाई राज्य में लोगों को कर्ज दिलाने के नाम पर लगातार मिल रही फर्जीवाड़े की शिकायतों को पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने गंभीरता से लिया है उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर ऐसे मामलों में कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं डीजीपी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में थाना प्रभारियों को ऐसे ठग गिरोह पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दें साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसानों की तरफ से ठगी की घटना की कोई शिकायत दर्ज करायी जाती है तो उस पर भी जांच कराकर कार्रवाई की जाए डीजीपी ने इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी खुद के पास भी मंगाई है किसान जमानत इस बीच बस्तर जिले में कर्ज के मामले में जेल भेजे गए दो किसानों को जमानत मिल गई है प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएम भगत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो किसान तुलाराम मौर्य और सुखदास की जमानत को मंजूरी दे दी जैसी कि खबर दी जा चुकी है भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा ने चेक बाउंस के मामले में दायर किए गए परिवाद के आधार पर इन दोनों किसानों को जेल भेज दिया था जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए इस मामले की अनुविभागीय दंडाधिकारी के माध्यम से जांच के आदेश दिए थे साथ ही किसानों को जमानत दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी अनुविभागीय दण्डाधिकारी जीआर मरकाम ने बताया कि किसानों को जमानत मिलने के बाद अब जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी मतगणना प्रशिक्षण राजधानी रायपुर में आज प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग और जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने अधिकारियों को मतगणना के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट से पर्चियों की गणना के दौरान समय और प्रबंधन का ध्यान रखें प्रशिक्षण स्थल पर प्रादर्श मतगणना केंद्र के जरिये डेमो देकर अधिकारियों को मतगणना की बारीकियां समझाई गई रायपुर एयरपोर्ट देश का पहला कॉमन सर्विस सेंटर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में बनाया गया है यह सेंटर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है इसमें नागरिक सेवाओं पासपोर्ट आवेदन पैन कार्ड आवेदन श्रमिक पंजीकरण खाद लाइसेंस ऑनलाइन बिजली भुगतान और ऑनलाइन पेंशन बीमा सहित दो सौ पचास तरह की सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी सीएसी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि डिजिटल सेवा सेंटर पूरे देश में शुरु किया जा रहा है इसका उद्देश्य लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है एयरपोर्ट के डायरेक्टर राकेश सहाय ने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट पर हर साल लगभग बीस लाख यात्री आवागमन करते हैं उन सभी लोगों के लिए यह सेंटर सुविधाजनक होगा उन्होंने बताया कि रायपुर के बाद अब रांची एयरपोर्ट पर भी यह सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा आपदा प्रभावित सहायता प्रदेश में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि देने के लिए एक अरब तेईस करोड रूपए का आबंटन जारी कर दिया गया है राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जारी इस राशि में से प्रत्येक जिले को लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये दिए जाएंगे प्राकृतिक आपदा से ट्रटे हुए मकानों का सुधार कार्य और पशुओं की मौत के मामलों में प्रभावितों को यह सहायता राशि दी जाएगी साथ ही खदान धसकने रसोई गैस सिलेण्डर फटने आकाशीय बिजली गिरने और अग्नि दुर्घटना प्रभावितों को भी योजना के तहत मदद दी जाएगी माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस माओवादी पर विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल रहने का आरोप है जीवन नाम के इस माओवादी पर पुलिस ने पांच लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था

इस पर हत्या लूट और आगजनी के कई मामले दर्ज हैं सुरक्षा बलों ने इस माओवादी को दंतेवाड़ा जिला जेल के पास से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद से पुलिस को इस माओवादी की तलाश थी

इसकी पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युग में भी भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रासंगिक है इस समय आवश्यकता है कि समाज में सामाजिक सद्भाव और बंधुत्व कायम रखने के लिए उनके आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें

इसके तहत दुर्ग रेंज के कुल सौ थानों और चौकियों में व्हाट्सअप ग्रूप बनाया गया है प्रत्येक ग्रूप में लगभग दो सौ सदस्य हैं इनमें वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिसकर्मी और आम लोग शामिल हैं इन ग्रुपों के जरिये दुर्ग रेंज के आईजी और अन्य पुलिस अधिकारी करीब बीस हजार आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में पुलिस की ओर से आम जनता को अपराध के प्रति जागरूक करने वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं वहीं आम लोग भी अपने क्षेत्र में होने वाले अपराध सहित अन्य घटनाओं के बारे में सूचनाएं साझा कर रहे हैं हाथी हमला कोरबा जिले के कुदमुरातराई इलाके में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी के दो युवक बीती रात मोटरसाइकिल से विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे इस बीच मोटरसाइकिल खराब होने पर दोनों युवक पैदल सड़क पार करते हुए अंधेरे में एक हाथी से टकरा गए इसके बाद हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला जबकि दूसरा युवक घायल होने के बाद भी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा आदिम जाति आश्रम प्रशिक्षण आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह ने कहा कि शिक्षा बच्चों और मानव जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसे देखते हुए आश्रम और छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जाए श्री सिंह ने यह बात रायपुर में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रमो के सफल संचालन के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही इस दो दिवसीय कार्यक्रम में आश्रमों और छात्रावासों के अधीक्षकों को प्रबंधन के गुर के साथ किशोर न्याय अधिनियम और ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई कन्ज्यूमर आऊटरीच प्रोग्राम दूरसंचार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इक्कीस मई को कन्ज्यूमर आऊटरीच प्रोग्राम का आयोजन कवर्धा में किया जाएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरएआई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षक समूह और दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों के अधिकारी शामिल होंगे एजीएम जमानत रायपुर स्थित दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलियिटी अस्पताल में करोड़ों रूपये के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए एक बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक एजीएम को जमानत मिल गई है छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने इस बैंक अधिकारी को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया था इस पर दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना डीकेएस अस्पताल के लिए चौंसठ करोड़ रूपये के लोन की मंजूरी देने का आरोप है इस बैंक अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद कल दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया जहां से पुलिस ने उसे रायपुर लाने के लिए रिमांड की मांग की थी लेकिन अदालत ने बैंक अधिकारी को जमानत दे दी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केंद्र सरकार और अविभाजित मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री तथा पूर्व सांसद विमला वर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर दुखः व्यक्त किया है राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम के तीन कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है ये कर्मचारी जशपुर धमतरी और दुर्ग जिले में पदस्थ थे निगम के संचालक अलेक्स पाल मेनन ने यह कार्रवाई की है मुंगेली जिले के पथरिया सरगांव मार्ग पर हाईवा की चपेट में आने से छह वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गैर संचारी रोग रोकथाम और उपचार माह के तहत आज मुंगेली जिला चिकित्सालय में शिविर लगाकर मरीजों की जांच और उपचार किया गया डेंगू पर नियंत्रण के लिए दर्ग निगम प्रशासन की ओर से मच्छर उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत घरों और नालियों में मच्छर का लार्वा मारने के लिए दवाइयां डाली जा रही हैं साथ ही सेप्टिक टैंक के गैस पाइप लाइन में मच्छर जाली भी लगाई जा रही है